मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा राज्य सरकार बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार केन्द्र सरकार के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था को मिला बल

इसका उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रोप्लानिंग सहित टीकाकरण अभियान की पूरी योजना का परीक्षण जिलाधिकारी की निगरानी में होगा

किन्नौर जिले में क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ पूह और किल्बा में अभियान चलाया गया कड़ाके की ठण्ड के बावजूद लाहौल स्पीति ज़िला मुख्यालय केलंग में दो स्थानों सहित काज़ा में कोविड वैक्सीन ड्राई रन का आयोजन किया गया

हर्षवर्घन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार देश में पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं जिससे मामलों में कमी आई है

उन्होंने कहा कि उपचार की बेहतर व्यवस्था से देश में एक करोड़ से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है धर्मशाला में आज एक बैठक में उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए पौंग बांध के आसपास के क्षेत्रों की पूरी निगरानी सुनिश्चित की जा रही है और त्वरित प्रतिक्रिया दल भी गठित किए गए हैं

उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में कोविड टीकाकरण के पूर्वाभ्यास का भी जायजा लिया

इन योजनाओं से शहर को और अधिक सुंदर बनाने में मदद मिलेगी धर्मशाला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की परोक्ष भूमिका है सुरेश भारद्वाज ने परियोजना के तहत मैकलोडगंज और भागसूनाग में चल रहे कार्यो का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इन्हें जल्द निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए कांग्रे स प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने निकाय चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने सहित पार्टी का मत विभाजन रोकने के लिए सभी नगर निकायों में चुनाव समन्वयक नियुक्त किए हैं हालांकि ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं हो रहे हैं लेकिन इसके बावजूद परोक्ष तौर पर सभी राजनीतिक दलों से जुड़े प्रत्याशी इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं कुलदीप राठौर ने सभी समन्वयकों को पार्टी की रणनीति के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए हैं वॉलवो बस प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने शिमला और मनाली से दिल्ली के लिए वॉलवो बस सेवाएं शुरू कर दी हैं

निगम की प्रबंध निदेशक कुमुद सिंह ने बताया कि इन बसों का संचालन सरकार द्वारा जारी एसओपी के तहत किया जा रहा है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था लगातार मज़बूत बनी हुई है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं इसी के परिणाम स्वरूप विदेशी नागरिकों ने कोरोना काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना भरोसा जताया है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत कोरोना काल में भी आर्थिक मोर्चे पर कई सुधारों के साथ अन्य उभरते बाज़ारों की तुलना में निवेश का बड़ा हिस्सा आकर्षित करने में सफल रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम पर आज पत्र सुचना कार्यालय व रीजनल आउटरीच ब्यूरो चण्डीगढ़ और पत्र सुचना कार्यालय केरल के सहयोग से एक वैबिनार का आयोजन किया गया इस दौरान हिमाचल प्रदेश और केरल राज्यों के बीच समानता पर विचार विमर्श किया गया इस अवसर पर ब्यूरो के चण्डीगढ़ कार्यालय के उपनिदेशक अनुज चांडक ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपनी सांस्कृतिक विरासत व समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है मूपपुर घटना सिरमौर जिले के भूपप्र क्षेत्र में बड़ी संख्या में मृत कौवे मिलने का मामला सामने आया है पश्पालन विभाग की टीम ने कौवों के सैंपल एकत्रित कर लिए हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है पशु चिकित्सा अधिकारी अमित महाजन ने बताया कि मामला सामने आने के बाद उचित कार्रवाई की जा रही है

मार्ग बहाल भारी बर्फबारी से अवरूद्व हए मनाली केलंग मार्ग को सीमा सड़क संगठन ने फोर बाई फोर वाहनों के लिए खोल दिया है संगठन के कमांडर कर्नल उमाशंकर ने बताया कि इसके अलावा तांदी उदयपुर सड़क से बर्फ हटाने का कार्य प्रगति पर है और इस मार्ग के कल दोपहर तक बहाल होने की उम्मीद है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर देशभर में हआ कोविड टीकाकरण का दूसरा पूर्वाभ्यास केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पोलियो की तरह कोविड का भी उन्मूलन करेगी सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा राज्य सरकार बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र के अनुसार केन्द्र सरकार के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था को मिला बल

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार